आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट दो हजार अट्ठारह जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने बाघों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और इस दिशा में हरसंभव उपायों का संकल्प लिया सर्वेक्षण के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर दो हजार नौ सौ सड़सठ हो गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि बाघ गणना परिणामों से प्रत्येक भारतीय और प्रकृतिक प्रेमी को प्रसन्नता होगी उन्होंने बाघों की संख्या दुगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित वर्ष दो हजार बाईस से चार वर्ष पहले पूरा कर लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में देश में वनों और संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढ़ी है उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना संभव है श्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है प्रधानमंत्री ने बाघ अभ्यारण्य के प्रबंधन आकलन के चौथे चक्र की रिपोर्ट जारी की टाइगर रिजर्व आर्थिक आकलन रिपोर्ट भी जारी की गई प्रधानमंत्री मोदी ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को उत्कृष्ट बाघ संरक्षण कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदाण किया उत्तराखंड के मसूरी में कल हिमालयन सम्मेलन आयोजित किया गया इसका उद्देश्य हिमालयन राज्यों के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रुप में कार्यक्रम में उपस्थित थी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा सम्मेलन का मुख्य एजेंडा जल संरक्षण है जिसमें वर्षा से सूखे पड़े जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने के अलावा नदियों ग्लेशियरों झीलों तथा जल निकायों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है हिमालयी पारिथितिकी जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत जैसे मुद्दे सम्मेलन के मुख्य बिंदु हैं उपराष्ट्रीय एम वेंकैया नायडू ने सरकारी एजेंसियों गैर सरकारी संगठनों और समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया है कि वे मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई मे सतत प्रयासरत रहे वे कल शाम हैदराबाद में तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए लोगों के लिए आश्रय गृह प्रबंधन प्रशिक्षण नियम प्रस्तिका के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने संपूर्ण समाज से मानव तस्करी के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया और इसके शिकार लोगों के बचाव और पुर्नवास पर अधिक ध्यान देने की जरुरत पर बल दिया भारत में अपराध रिपोर्ट दो हजार सोलह का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने कहा कि तेईस हजार से अधिक लोगों को तस्करों से बचाया जा चूका है उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध के शिकार लोगों को सामान्य जीवन व्यतीत करने में उनकी मदद करनी चाहिए

नाबालिक लड़की अपने माता पिता के पास वापस आने को तैयार नहीं थी

उचित परामर्श के बाद लड़की ने अब अपने माता पिता के साठ फिर से रहने का फैसला किया है

खेलों इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण अगले साल गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने आधिकारिक टिवटर हैंडल पर इस की घोषणा की उन्होंने कहा कि अगले साल अटठारह जनवरी से आयोजित होने वाले खेलों में दस हजार से अधिक एथलीट और अधिकारी भाग लेंगे इसका आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और असम मेजबान राज्य के रुप में करेगी उद्घाटन संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया था जबकि प्रणे ने इस साल द्रसरे संस्करण की मेजबानी की